कार्यकम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा मौजूद रहे भारत ने एक ही दिन में दस लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है

यह अभियान जिले के सभी ब्लॉक की ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में चलाया जाएगा जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अभियान को लेकर पंचायतीवार कार्यकम बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सभी उत्पादों के पैकेज पर मैनुफक्चरर का विवरण वैधता सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पाद का अन्य विवरण दिया जाना चाहिए उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि किसी उत्पाद के पैकेज पर यह विवरण ना हो तो वे इसकी शिकायत दर्ज कराएं श्री पासवान ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे मैनुफक्चरर अनुचित मूल्य वसूलने और घटिया किस्म का सामान बेचने से डरेंगे

यह दिन बुद्धि और रिद्वि सिद्वि के दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरों में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा करते हैं और दस दिन के गणेशोत्सव पूरा होने पर इनका विसर्जन किया जाता है हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों और अन्य स्थानों पर सामूहिक धार्भिक आयोजन नहीं हो रहे हैं प्रशासन ने लोगों को घर में ही गणपति स्थापना करने की हिदायत दी है इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं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

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा साथ ही ये दूरदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश का दौर बना हुआ है